लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महामारी और बड़ी दुर्घटनाओं से निपटने के लिये एक्सीडेंट सिस्टम किया लागू राज्य स्तरीय तीसरी महिला बॉक्सिंग चैम्पियशिप आज से ग्वालीयर में हुई शुरू

जन आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण आज सतना जिले के मैहर से शुरु हुआ इसके पहले श्री चौहान आज सुबह पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल से मैहर पहुंचे उन्होंने यहां स्थित मां शारदा के मंदिर में विधिविधान से पूजा अर्चना करने के बाद पौधारोपण किया श्री चौहान मैहर में आमसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर है मुख्यमंत्री रामनगर अमरपाटन रामपुर बधेलान और अन्य स्थानों पर भी यात्रा के तहत पहुंचकर लोगों से मिलेंगे और सभा भी लेंगे वे सतना जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी यात्रा करेंगे

राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ गयी हैं एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने महामारी और बड़ी दुर्घटना में लोगों की जीवन रक्षा के लिये एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम लागू किया है

समय पर सूचना मिलने से स्थानीय स्तर पर आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जा सकेगी समय पर उपचार मिलने से जीवन क्षति को रोकने में मदद मिलेगी

यह जानकारी विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्व घुमक्कड़ जनजाति राज्य मंत्री ललिता यादव ने दी है

कार्रवाई आयकर विभाग ने आज प्रदेश के एक रियल एस्टेट कारोबारी के परिसरों पर छापेमार कार्यवाही की

ये कार्यवाही वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर की गई है विभाग के कई दर्जन अधिकारी कर्मचारी सुबह से विभिन्न परिसरों पर दस्तावेज खंगालने में जुटे हैं कार्यवाही पूरे होने पर करोड़ों रुपए की आयकर चोरी पकड़े जाने का अंदेशा है गठबंधन प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना से जुड़ी खबरों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरी सिंह यादव के मुताबिक श्री यादव प्रदेश कांग्रेस की इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा प्रमुख मायावती के बीच पिछले दिनों हुई मुलाकात में मध्यप्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन संभावित होने की खबरें सामने आई थीं ऐसे में सपा प्रमुख का यह दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से खासा अहम माना जा रहा है वही इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि उसने जिसके साथ भी गठबंधन किया है उसका सफाया हो गया श्री चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण की सतना जिले के मैहर से शुरूआत करते हुए सतना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं

प्रतियोगिता के उद्घाटन से पूर्व प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खेल परिसर में नवनिर्मित हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का लोकार्पण किया यहां संचालित मध्यप्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी में अब दो एस्ट्रोटर्फ मैदान हो गए हैं निर्देश शिवपुरी जिले में महिला बाल विकास की सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र की सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आने वाले हितग्राहियां को मेन्यू के अनुसार नास्ता और भोजन पूर्ण गुणवत्ता के साथ बंटे इस पर ध्यान दें यह निर्देश कलेक्टर शिल्पा गुप्ता ने राष्ट्रीय पोषण अभियान की समीक्षा के दौरान दिए हैं समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सुपरवाईजर घर घर जाकर संपर्क करें और अति कम बजन के बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती कराने के लिए महिलाओं को प्रेरित करें कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे आंगनबाड़ी भवन जो खराब हालत में है उन भवनों को पास के स्कूल या पंचायत भवन में संचालित करें आवश्यकता होने पर किराए के भवन में भी केन्द्र संचालित किए जा सकते है

विधेयक में राज्य सरकारों को कक्षा पांच और आठ के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है

रायसेन जिले के बेगमगंज में सागर भोपाल राजमार्ग पर बीना नदी का पानी आ जाने के कारण यह मार्ग बंद हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबे कतारें लग गईं बेगमगंज का जिला मुख्यालय से भी सड़क सम्पर्क टूट गया जिसके चलते राहत कार्य में मुश्किल आ रही हैं बेगमगंज में कल से भारी बारिश के कारण कई निचली बस्तियों में पानी भर गया भारी बारिश में अव्यवस्थाओं के कारण आज रहवासियों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी भी की वहीं सागर जिले में आज सुबह भारी बारिश के बीच कुछ लोगों के एक बांध के पास फंसने की पुलिस को सूचना मिली है सूचना मिलते ही बांध के पास रह रहे इन लोगों को निकालने के लिए राहत कार्य शुरु कर दिया गया है सूचना पर पुलिस और होमगार्ड के जवान राहत कार्य में लग गए हैं मौसम प्रदेश के भोपाल इंदौर समेत पांच संभागों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाडी में बने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तरी छत्तीसगढ में आकर अति कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलने के कारण प्रदेश में मानसून में सक्रियता आ गई है इसके अलावा मानसून की ध्री सागर उमरिया और राजस्थान के जैसलमेर और कोटा पर बनी हई है जिसके चलते प्रदेश के बडे हिस्से में मानसून सक्रिय है

अब कुछ समाचार संक्षेप में बुरहानपुर जिले के इछावर में हाईवे पर एक केले पकाने की फैक्ट्री में सिलेण्डर ब्लास्ट होने से तीन युवकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गये टीकमगढ़ जिले में आगामी चुनाव के मद्देनजर ईवीएम मशीनों की ट्रेनिंग दी जा रही है होशंगाबाद जिले में बाल मृत्युदर को सुधारने के लिये इकत्तीस जुलाई तक चलाये जा रहे दस्तक अभियान के तहत कम वजन वाले बच्चों की देखभाल की जा रही है